प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ग्रीष्म अवकाश में भी स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत पैंतालीस दिनों का सूखा राशन वितरित किया जाएगा प्रदेश में आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा के नाम पर करने की घोषणा की

कोरोना मरीज प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित इकसठ और नए मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें से इकतीस मरीज आज मिले हैं मुंगेली में छब्बीस धमतरी में दो और बिलासपुर बलरामपुर तथा राजनांदगांव से एक एक मरीज की पहचान हुई है वहीं कल देर शाम बिलासपुर से अट्ठारह बलरामपुर से छह बलौदाबाजार से पांच और कोरिया से एक मरीज की पुष्टि हुई थी इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़कर अब दो सौ तिरासी हो गई है फिलहाल दो सौ सोलह मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं सड़सठ मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव जिले में अंबागढ़ चौकी विकासखंड के आतरगांव में आज एक कोरोना पॉजीटिव मरीज की पुष्टि हुई है यह मरीज हाल ही में मुंबई से लौटा था इसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेण्ड्री में भर्ती कराया गया है जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर तेईस हो गई है उधर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कल देर शाम चार नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई इनमें एक लैब टेक्नीशियन भी शामिल है जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक तीन बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम धाराशिव और एक पलारी विकासखंड के ग्राम कोनारी से है कोरोना संक्रमितों में एक महिला भी शामिल है इन सभी मरीजों का इलाज रायपुर स्थित कोविड अस्पताल में चल रहा है वहीं बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण की आशंका वाले प्रवासी श्रमिकों के उपचार में लगी महिला डॉक्टर भी पॉजीटिव पाई गई है उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है इसके बाद सिम्स के डॉक्टरों वार्ड बॉय आया और नर्सिंग स्टाफ समेत अड़तीस मेडिकल स्टाफ को क्वारेंटाइन किया गया है कोरोना राजनांदगांव सख्ती राजनांदगांव जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि दूसरे प्रदेशों से होकर आने वाले लोगों को होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा साथ ही ऐसे लोगों के निवास पर काम करने वाली बाई का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा वहीं घर का कोई भी सदस्य क्वारेंटाइन अवधि में बाहर घूमता नजर आया तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी

कोरोना संक्रमित होने की आशंका के कारण मृतकों के स्वाब सैंपल को जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया है मिली जानकारी के मुताबिक एक श्रमिक बस में सवार होकर मुंबई से पिथौरा आ रहा था वहीं एक अन्य श्रमिक ट्रेन से ओडिशा जा रहा था जिनकी संदेहास्पद मौत हो गई गौरतलब है कि महासमुंद जिले में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है इस घटना से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है कोरोना भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार क्वारेंटाइन सेंटरों में व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर नहीं है भाजपा प्रवक्ता और विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा जिला पंचायतों को जारी उस पत्र पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें क्वारेंटाइन सेंटरों में बुनियादी जरूरतों के लिहाज से व्यवस्थाएं करने को निर्देश दिए गए हैं श्री शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार सर्वदलीय समिति बनाकर प्रदेशभर के किन्हीं दस क्वारेंटाइन सेंटरों का चयन कर उनका निरीक्षण कराएं तो सच्चाई का पता चल जाएगा घरेलू विमान सेवा देश में घरेलू विमान सेवा आज से फिर शुरू हो गई है रायपुर विमानतल पर भी आज से देश के कुछ शहरों के लिए हवाई सेवा की शुरूआत हो गई है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आंध्रप्रदेश में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम हवाई अड्डों से उड़ानें कल से और पश्चिम बंगाल से सीमित सेवा बृहस्पतिवार से शुरू होगी कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के कारण देश में विमान परिचालन दो महीने पहले रोक दिया गया था भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविन्द सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि देश के हवाई अड्डे परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से दो घंटे पहले हवाई अड्डा पहुंचना होगा स्वास्थ्य मंत्रालय दिशा निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विमानों जहाजों और सड़क मार्ग से विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे यात्रा समाप्त होने के बाद अनिवार्य रूप से चौदह दिन के पृथकवास में रहेंगे इसमें सात दिन का सशुल्क संस्थागत क्वारंटीन भी शामिल होगा इसका खर्च यात्री स्वयं वहन करेंगे यात्रा शुरू होने से पहले यात्रियों को टिकट के साथ ही दिशा निर्देशों की सूची भी संबंधित एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी सड़क मार्ग से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए भी यह नियम लागू होंगे कोरोना राज्य दिशा निर्देश इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि विदेश से लौट रहे छत्तीसगढ़ के निवासियों को चौदह दिन पेड क्वारेंटाइन में अनिवार्य रूप से रहना होगा उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का पालन करना अनिवार्य किया गया है राज्य सरकार द्वारा बीस होटलों को क्वारेंटाइन सेंटर के लिए चिन्हांकित किया गया है जिसमें विदेश से लौटने वाले राज्य के निवासी निर्धारित दर पर ठहर सकेंगे इन चिन्हित होटलों में लगभग नौ सौ कमरे हैं आवश्यकतानुसार क्वारेंटाइन सेंटर की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है वहीं अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों और सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को भी क्वारेंटाइन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा इस संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को छत्तीसगढ़ के पोर्टल ई पास डॉट सीजी कोविड नाइंटीन डॉट इन पर पंजीकृत कराना होगा कलेक्टर इस सूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए यात्रियों को होम क्वारेंटाइन शासकीय क्वारेंटाइन या पेड क्वारेंटाइन के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराएंगे रायपुर नगर निगम कमिश्नर द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी और रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में समुचित संख्या में सुविधा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं

कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की सोलहवीं कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढ़े दस बजे एक साथ रिले करेंगे कोरोना मध्यान्ह भोजन प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ग्रीष्म अवकाश में भी स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत पैंतालीस दिनों का सूखा राशन वितरित किया जाएगा राशन का वितरण बच्चों के पालकों को स्कूल में बुलाकर किया जाएगा इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव और उसे फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है ऐसी स्थिति में बच्चों को गर्म पका भोजन नहीं दिया जा सकता खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल और कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की जाए झीरम श्रद्धांजलि दिवस प्रदेश में आज झीरम श्रद्वांजलि दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा के नाम पर करने की घोषणा की राजधानी रायपुर के राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों विधायकों और अनेक जनप्रतिनिधियों ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले में शहीद वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल नंदक्मार पटेल महेन्द्र कर्मा और उदय मुदलियार सहित अन्य शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की उधर राजभवन और मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्दांजलि दी इस अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए संकल्पित रहने की शपथ ली इसी तरह राज्य के सभी शासकीय और अर्द्व शासकीय कार्यालयों में भी शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई इस मौके पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया राजनांदगांव दुर्ग कांकेर सहित राज्य के अन्य जिलों में भी झीरम श्रद्वांजलि दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं गौरतलब है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पच्चीस मई दो हजार तेरह को झीरम घाटी में माओवादी हिंसा के शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं सुरक्षा बल के जवानों और बीते वर्षो में माओवादी हिंसा के शिकार हुए अन्य सभी लोगों की स्मृति में हर वर्ष पच्चीस मई को झीरम श्रद्वांजलि दिवस मनाया जाएगा लाख खेती छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अपनी सहमति प्रदान कर दी है मुख्यमंत्री ने कृषि वन और सहकारिता विभाग को समन्वय कर लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए हैं प्रदेश में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से लाख उत्पादन से जुड़े कृषकों को भी सहकारी समितियों से अन्य कृषकों की भांति सहजता से ऋण उपलब्ध हो सकेगा उल्लेखनीय है कि राज्य में लाख की खेती की अपार संभावनाए हैं यहां के किसानों द्वारा कुसुम पलाश और बेर के पेड़ों में परंपरागत् रूप से लाख की खेती की जाती रही है लेकिन व्यवस्थित और आध्रनिक तरीके से लाख की खेती न होने की वजह से कृषकों को लागत के एवज में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है साइबर संगी अभियान दुर्ग पुलिस ने साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए साइबर संगी अभियान शुरू किया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोगों की सक्रियता इंटरनेट पर बनी हुई है इसका फायदा उठाने में साइबर अपराधी चूक नहीं रहे हैं वे नए नए तरीके से ठगी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों द्वारा किए गए मैसेज अथवा फोन के बाद भी जिन्होंने अपना ओटीपी नंबर या अन्य जानकारी नहीं दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी है उन्हें साइबर योद्वा के रूप में चिन्हित किया गया है पुलिस अधीक्षक ने लोगों से साइबर संगी अभियान से जुड़ने की अपील की है दुर्घटना कोरबा जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह चैतुरगढ़ के पास एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हुई आमने सामने की भिडंत में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वहीं हादसे में घायल एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया ईद उल फितर ईद उल फितर का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में मनाया जा रहा है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर यह पहली बार हुआ है कि राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं की गई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर पर ही नमाज अदा कर देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर यह पर्व मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल फितर पर देशवासियों को शुभकामनाए दी हैं इस बीच आज छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दीं जवान ग्रामीण संवाद कांकेर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने जवानों के सामने खुलकर अपनी बातें रखीं मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के कमांडेंट मयंक उपाध्याय के निर्देशन में बीसएएफ और जिला पुलिस बल के जवानों ने ग्रामवासियों से मुलाकात की और माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को दौरान उनके सामने आ रही समस्याओं की जानकारी ली मौसम प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है दुर्ग रायपुर और बिलासपुर सहित कई शहरों में लू जैसे हालात रहें सबसे अधिक तापमान आज दुर्ग में पैंतालीस दंशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया वहीं बिलासपुर में पैंतालीस दशमलव चार और रायपुर माना एयरपोर्ट पर पैंतालीस डिग्री सेल्सियस तापमान रहा मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ से अंदरूनी तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है साथ ही प्रदेश में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा आने के कारण लू के हालात बन रहे हैं मौसम विभाग ने कल दुर्ग बिलासपुर और रायपुर संभाग में लू चलने की संभावना व्यक्त की है संक्षिप्त समाचार नगर निगम आयुक्त सौरव कुमार रायपुर जिले के प्रभारी कलेक्टर होंगे कलेक्टर एस भारतीदासन के अवकाश पर जाने के कारण राज्य शासन ने सौरव कुमार को रायपुर का प्रभारी कलेक्टर बनाया है प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन से कल देर शाम तीन सौ चौव्वन श्रमिक रायगढ़ पहुंचे इन श्रमिकों का मौके पर ही थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया इसके बाद उन्हें बसों के जरिये क्वारेंटाइन सेंटर भेजा गया कांकेर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद कंटेन्मेंट जोन में एक्टिव सर्विलेंस कोरोना कर्मवीर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं ये कर्मवीर घर घर जाकर लोगों का यात्रा विवरण पता करने कोरोना वायरस के लक्षणों की पहचान करने बच्चों गर्भवती माताओं और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों को स्वास्थ्य परामर्श देने जैसे काम मुस्तैदी से कर रहे हैं महासमुंद जिले की पटेवा पुलिस ने बीती रात गोडेला भाठा के जंगल में तीन जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक लाख सत्तर हजार रूपये नगद तीन मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया है प्रवासी श्रमिक ट्रेन सहमति कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस छत्तीसगढ़ लाने का सिलसिला लगातार जारी है इसके लिए दूसरे प्रदेश की सरकारों से समन्वय कर अब तक तिरपन ट्रेनों की सहमति दी गई है